राज्य वन विभाग और नगर निगम शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज वन मंत्री गोविंद ठाकुर और नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट भी शामिल होंगे सम्मेलन देश की सुरक्षा तैयारियों और चुनौतियों की समीक्षा के लिये दो दिन का एकीकृत कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा ये वार्षिक सम्मेलन तीनों रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच सभी संयुक्त मुद्दों पर शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श का मंच है

जनमंच बिलासपुर ज़िले में घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के हटवाड़ में जनमंच प्रचार वाहन को विधायक राजेन्द्र गर्ग ने कल हरी झण्डी दिखाई

उधर सोलन का ज़िलास्तरीय जनमंच कार्यक्रम दून क्षेत्र की चण्डी पंचायत में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार की अध्यक्षता में होगा

हालांकि पिछले दिनों हुई भारी बरसात से प्रदेश के कई भागों में भूस्खलन से कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पठानकोट जोगिन्द्रनगर ट्रेक पर दो जगह भूस्खलन होने से दस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं अब पठानकोट से गुलेर तक केवल दो रेलगाड़ियां ही चलाई जाएंगी उल्लेखनीय है कि जुलाई के पहले सप्ताह से कांगड़ा घाटी में भारी बरसात को देखते हुए रात्रि सेवा वाली छह रेलगाड़ियां पहले ही बंद कर दी गई थीं और अब भूस्खलन होने के बाद चार और गाड़ियां बंद कर दी गई हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला लिखता है हिन्दू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है चम्बा का मिंजर मेला पंजाब केसरी की सुर्खी है चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला शुरू मिर्ज़ा परिवार के मुखिया एजाज़ मिर्ज़ा ने भगवान लक्ष्मी नारायण को मिंजर अर्पित की दिव्य हिमाचल लिखता है उड़ उड़ कुंजड़ियेके साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंज़र मेले का आगाज़ आपका फैसला के शब्द हैं भगवान रघुवीर को मिंजर चढ़ाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय चम्बा मिंजर मेले का आगाज़ दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है चम्बा की लोक संस्कृति लाजवाब मिंजर मेले के शुभारम्भ अवसर पर बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पाण्डे के बयान को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है नज़र नहीं आएगी गुटों में बंटी कांग्रेस दिव्य हिमाचल के शब्द हैं गुटबाजी से फिर पिटेगी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी वीरभद्र है या सुक्ख् कोई नहीं जानता अजीत समाचार के मुताबिक प्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में बंटी हिमाचल दस्तक मंगल पांडे के हवाले से लिखता है वीरभद्र सुक्खू लड़ाई से परेशान कांग्रेसी हमारे सम्पर्क में प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान से जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है चलती कार पर गिरी चट्टान डॉक्टर की मौत पांच मंजिला भवन ध्वस्त दैनिक जागरण के शब्द हैं जानलेवा होने लगी बरसात पंजाब केसरी की सुर्खी है चलती कार पर गिरी चट्टान डॉक्टर की मौके पर ही मौत जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार भारी बरसात में फिर दरकने लगे पहाड़

हिमाचल दस्तक की एक खबर है नाहन मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ियां कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने कई वित्तीय खामियां पकड़ी ऊर्जा राज्य में बिजली का संकट सात घंटे लगे कट दैनिक जागरण की एक खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सख्ती के सबक में लिखा है कि वनों की रक्षा करना न सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है बल्कि लोगों को भी इसके प्रति सजग होना होगा दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए लिखा है कि सरकार सभी विभागों को पर्यटन से जोड़ने का निर्देश दे शीर्षक है हर विभाग पर्यटन योजना बनाए